प्रारंभिक रूझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर जबकि असम में भाजपा आगे

बयासी व्यक्ति की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ बयालीस हुई

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें पश्चिम बंगाल असम केरल तमिलनाडु और केन्द्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के प्रारंभिक रूझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच जबकि पुद्दुचेरी में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है इधर असम में भाजपा तमिलनाडु में डीएमके और केरल में एलडीएफ आगे चल रहे हैं इन राज्यों में सत्ताईस मार्च से उनतीस अप्रैल के बीच चुनाव कराए गए थे लोकसभा की चार और विधानसभा की बारह सीटों के लिये हुये उपचुनाव के मतों की गिनती भी की जा रही है भारत में कोविड उन्नीस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगने वाले बाईस सीमा चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है अधिकारियों के अनुसार यह नेपाल की कोविड संकट प्रबंधन समन्वय समिति द्वारा दोनों देशों के बीच कुल पैंतीस सीमा चौकियों में से बाईस को बंद करने की सिफारिश के बाद यह फैसला सामने आया है प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार सात सौ नवासी नये मामले सामने आयें इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख चौरासी हजार एक सौ छह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पटना में ही सर्वाधिक तीन हजार चौबीस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो राज्य में पिछले चौबीस घंटे में मिले कुल संक्रमितों का लगभग बाईस प्रतिशत है वहीं गया से नौ सौ उनहत्तर नालंदा से छह सौ सैंतीस बेगूसराय से छह सौ ग्यारह पश्चिम चंपारण से पांच सौ सैंतीस मुजफ्फरपुर से पांच सौ चौंतीस और औरंगाबाद से पांच सौ आठ संक्रमित मिले हैं अन्य जिलों से भी संक्रमण के मामले सामने आये हैं इधर कल दस हजार नौ सौ पांच लोग स्वस्थ हये स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख तिहत्तर हजार दो सौ इकसठ हो गयी है वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख आठ हजार दो सौ दो है इधर विभाग के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बयासी संक्रमित की मौत हुई है राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़ कर दो हजार छह सौ बयालीस हो गई है कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है इस चरण में अठारह वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है इसके लिए को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं अब तक को विन पर दो करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दी है

केन्द्र अपने हिस्से से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थाति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली इधर प्रदेश में टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण अठारह से चौवालीस वर्ष की आय़ के लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है हालांकि टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द इस आय़ वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा उन्होंने कहा कि इस महीने बिहार को कोविड टीके की सोलह लाख खुराक प्राप्त होगी प्रदेश में अब तक बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार दो सौ अस्सी लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान बासठ हजार चार सौ दो लोगों को टीका लगाया गया है जिसमें बत्तीस हजार छह सौ बारह व्यक्तियों को टीके की पहली डोज जबकि उनतीस हजार सात सौ नब्बे व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गयी इधर देशभर में अब तक पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं

विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने की गति तेज करते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर में विभिन्न राज्यों को छप्पन टैंकरों के जरिए आठ सौ तेरह टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है रेलवे ने दो हजार नौ सौ नब्बे बिस्तरों वाले एक सौ इक्यानवे कोविड देखभाल कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए हैं कोविड से लडाई में एकजुट राष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करते हुए रेलवे ने लगभग चौंसठ हजार बिस्तरों वाले लगभग चार हजार आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं ये कोच आसानी से लाए ले जाए सकते हैं और इन्हें रेलवे नेटवर्क पर मांग के आधार पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सकता है केन्द्र सरकार ने कहा कि देश में तीस उद्योगों की पहचान की गई है जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं केंद्र ने महत्वपूर्ण वाइरल रोधी दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढ़ा दी है रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से इसकी उपलब्धता में बढ़ोतरी की गहन समीक्षा के बाद इसकी आवंटन योजना में संशोधन किया गया है उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस महत्वपूर्ण औषधि की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी केंद्र सरकार ने कोविड के उपचार में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों और रिएजेंटों पर अगले छह महीने तक आयात शुल्क में छूट दी है कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिये ये निर्णय लिया गया है यह छूट इकतीस अक्टूबर तक लागू रहेगी केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समयसीमा बढ़ा दी है वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आय कर अधिनियम के तहत अपीलीय आयुक्त को की जाने वाली अपीलों की समय सीमा इस वर्ष पहली अप्रैल से बढ़ाकर इकतीस मई कर दी गई है इनकम टैक्स नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी इस महीने की इकतीस तारीख तक भरा जा सकता है इसके अलावा दो हजार बीस इक्कीस के लिए देर से यानी इकतीस मार्च तक भरा जाने वाला रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब इस महीने की इकतीस तारीख तक भरा जा सकता हैा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष दसवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम बीस जून को घोषित करेगा बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक पांच जून तक सौंप देंगे इसी के आधार पर बोर्ड बीस जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुये पटना जिले की सभी निचली अदालतों में कामकाज तीन से बारह मई तक बंद करने का निर्णय किया गया है प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने कहा है कि हालांकि इस दौरान केवल रिमांड संबंधी कार्य होंगे केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों के पालन से ही संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है उन्होंने बेगूसराय में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधओं का जायजा भी लिया विधान पार्षद फारूख शेख ने कोविड मरीजों के लिए पचास बेड सीतामढ़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निशाद ने कहा है कि राज्य सरकार पताही हवाई अड्डा परिसर में ढ़ाई सौ बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल शुरू करेगी नवादा जिलाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का पर्याप्त भण्डार है प्रशासन इलाजरत मरीजों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है राज्य सरकार ने जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के मनोनयन की अधिसूचना जारी कर दी है मंत्रिमंडल विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर रेणू देवी को बेगूसराय और बांका शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को नालंदा और शेखपुरा तथा ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को पूर्णियां और किशनगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है इसके अलावा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को रोहतास और जमुई तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भोजपुर और बक्सर जिले का प्रभारी बनाया गया है अधिसूचना के अनुसार आठ मंत्रियों को दो दो जिलों का प्रभार दिया गया है जबकि बाईस मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया है

मौसम विभाग ने चार मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा शिवहर सारण सीवान गोपालगंज सुपौल अररिया कटिहार पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण सहित राज्य के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के जिलों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि मौसम के रूख में तेजी से बदलाव जारी रहेगा

इसके अन्तर्गत आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव विनय कुमार ने बताया कि लाभुक परिवार के हर सदस्य को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूँ दिया जायेगा

प्रारंभिक रूझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर जबकि असम में भाजपा आगे

बयासी व्यक्ति की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ बयालीस हुई